भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की फिर से सत्ता में वापसी तय प्रधानमंत्री ने आज शाम केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक ब्लाई

प्रदेश के मौसम में उतार चढाव जारी देश में फिर से बीजेपी ने प्रचण्ड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है

भाजपा के लिये ये जीत ऐतिहासिक साबित हुई है

एनडीए ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहमत हासिल कर इतिहास रच दिया है गुजरात राजस्थान हरियाणा उत्तराखण्ड और दिल्ली जैसे राज्यों में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सकी है

यहां भाजपा का आगे होना साबित करता है कि जनता ने सपा बसपा गठबंधन को भी सिरे से नकार दिया है

मोदी सरकार के लगभग सभी मंत्रियों ने भी जीत का परचम फहराया है

केरल की वायनाड सीट से उन्होंने चार लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की है

इन चुनावों में धराशायी होने वाले दिग्गज नामों में दिगविजय सिंह भूपेन्द्र हुड्डा शीला दीक्षित और महबुबा मुफ्ती भी शामिल है दुनिया के विभिन्न देशों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लोकसभा चुनावों में जीत पर बधाई मिली है अमेरिका चीन रूस पाकिस्तान बांग्लादेश जापान प्र्तगाल मालदीव सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने श्री मोदी को बधाई संदेश भेजे है

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जीत का श्रेय जनता को देते हुए मतदाताओं का आभार जताया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए अपनी जीत को लोकतंत्र की जीत बताया

प्रधानमंत्री ने आज शाम केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है

नई सरकार के गठन के लिये श्री मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपेंगे

चार राज्यों आंध्रप्रदेश ओडिशा सिक्किम तथा अरूणाचल प्रदेश की विधानसभा च्नावों के लिए भी नतीजे कल घोषित किए गए

उधर ओडिशा में नवीन पटनायक की अगुवाई वाले बीजू जनता दल ने अपना जादू बरकरार रखा है

राज्य में सत्ताधारी दल कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला

यह जीत नागौर संसदीय सीट से रालोपा के हनुमान बेनीवाल के खाते में गई है

झालावाड में दृष्यंत सिंह ने साढे चार लाख से अधिक मतों से अपने प्रतिद्वंदी पराजित किया इसी तरह राजस्थान से जीतने वाले प्रमुख चेहरों में केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौड पीपी चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल है इन सभी ने लाखों के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को मात दी हैं

राजसमंद से दीया कुमारी ने देवकीनन्दन काका को साढे पांच लाख से अधिक वोटों से हराकर पहली सांसद बनने में कामयाबी पाई

हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई

बाड़मेर सीट से कैलाश चौधरी सीकर से सुमेधानन्द सरस्वती चूरू से राहुल कस्वा पाली से पीपी चौधरी टोंक सवाईमाधोपुर से सुखबीर सिंह जोनापुरिया उदयपुर से अर्जुनलाल मीणा गंगानगर से पूर्व कोन्द्रीय मंत्री निहालचन्द मेघवाल झुन्झुनू से नरेन्द्र खींचड़ अलवर से बालक नाथ कोटा से ओम बिडला और अजमेर से भागीरथ चौधरी बांसवाड़ा डूंगरपुर से कनकमल कटारा करौली धौलपुर से मनोज राजोरिया सांसद चुने गए है भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत को लेकर समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल बना हुआ है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांगेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने लोकसभा चुनावों में मिली सफलता पर प्रधानमंत्री को बधाई दी है उन्होंने कहा कि वे जनता के आदेश को स्वीकार कर उसका सम्मान करते है इस बार लोकसभा चुनावों में नोटा का बटन दबाने में बांसवाड़ा जिला प्रदेश में अव्वल रहा है

राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रमील कुमार माथुर को विधानसभा सचिव के पद पर नियुक्त किया है इससे पहले वे मेडता के जिला और सत्र न्यायाधीश पद पर कार्यरत थे

सीबीएसई द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में प्रवेश के लिए परीक्षा कल आयोजित की जाएगी

डुंगरपुर नगर परिषद द्वारा स्वच्छता के नवाचारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है इस क्रम में आज नीदरलैण्ड सरकार की ओर से नगरपरिषद को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा ये पुरस्कार साफ सफाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जा रहा है जयपुर के अक्षित चौधरी और कनिष्का कुमावत ने राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किए है भीलवाड़ा में चल रही इस प्रतियोगिता में अनवर हुसैन दूसरे और वारिस प्रताप तीसरे स्थान पर रहे प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है अधिकांश स्थानों पर तेज गर्मी और धूप का असर है वहीं कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही और आंधी से मौसम खुशनुमा रहा

बीकानेर चूरू और जयपुर जिले में कुछ स्थानों पर धूलभरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई